साथ ही शादियों और अंत्येष्टि में दस से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि कोरोना वायरस के नये वैरिएंट के संक्रमण पर नियंत्रण के लिए यह प्रतिबंध जारी रहेगा धार्मिक और सामाजिक त्योहारों के संबंध में धर्म गुरूओं और समाज प्रमुखों से अपील की जाए कि ये लोगों को धार्मिक और सामाजिक त्योहारों में भीड़ न करते हुए पूजा तथा अन्य आयोजन अपने अपने घरों में ही व्यक्तिगत रूप से करने के लिए प्रोत्साहित करें इसके अलावा यह भी कहा गया है कि कोरोना पॉजीटिव व्यक्तियों द्वारा आइसोलेशन प्रोटोकॉल के पालन की समय समय पर जांच की जाए उनके द्वारा सार्वजनिक भीड़भाड़ वाली सुविधाओं और तालाब का उपयोग न किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि संक्रमण आगे न फैले इस बीच बलरामपुर सूरजपुर मुंगेली और कोंडागांव जिले में बिना अनुमति की शादी करने वाले के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है बलरामपुर और सूरजपुर जिले में आगामी आदेश तक सभी विवाह कार्यक्रमों को निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं इन जिलों में पुलिस और यातायात विभाग की संयुक्त टीम द्वारा जिला मुख्यालय और अन्य शहरों में चौक चौराहों तथा सड़कों पर बेवजह घूमने वालों पर सख्ती बरती जा रही है साथ ही जुर्माना भी लगाया जा रहा है वहीं मुंगेली जिले के ग्राम भस्करा में कल एक शादी समारोह में निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने पर लोरमी के तहसीलदार ने दस हजार रूपये का जुर्माना लगाया इसके अलावा बिना अनुमति के शादी समारोह में शामिल होने जा रहे छह वाहनों को जब्त किया गया वहीं रायगढ़ जिले में वर और वध् पक्ष की ओर से शादी समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों के लिए कोविड जांच अनिवार्य कर दी गई है निगेटिव रिपोर्ट आने पर ही विवाह में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी मुख्यमंत्री घोषणा राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए विभिन्न श्रेणियों के लोगों को फ्रंटलाइन वर्कर्स मानते हुए उनके टीकाकरण करने का निर्णय लिया है इनमें राज्य के पत्रकार वकीलों और उनके परिजनों को भी फ्रंटलाइन वर्कर्स के समान ही टीकाकरण की सुविधा दी जाएगी यह घोषणा आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सचिवों की समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा फ्रंटलाइन वर्कर्स की सूची में जिन श्रेणियों को शामिल किया गया है उनमें गंभीर बीमारी वाले व्यक्ति भोजन देने वाले सब्जी विक्रेता बस ड्राइवर कंडक्टर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मितानिन पंचायत सचिव पंचायतकर्मी पीडीएस दुकान प्रबंधक और विक्रेता कोटवार पटेल राज्य सरकार के कर्मचारी राज्य पब्लिक सेक्टर अंडर टेकिंग के कर्मचारी और उनके परिजन शामिल हैं मुख्यमंत्री कोरोना समीक्षा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि सभी लोगों के समन्वित प्रयास से राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति धीरे धीरे संभलने लगी है हालांकि इस पर पूरी तरह से नियंत्रण के लिए अभी भी कड़ाई और सावधानी बरतने की जरूरत है श्री बघेल कल अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल बैठक में राजनांदगांव और कबीरधाम सहित बस्तर संभाग के सातों जिलों के राजस्व पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अनुविभाग तथा खंड स्तरीय अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे इस दौरान मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण की स्थिति बचाव और रोकथाम के उपाय कोरोना संक्रमितों के इलाज कोरोना दवा किट के वितरण की स्थिति और कोरोना जांच की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में बाहर से आने वाले लोगों का अनिवार्य रूप से कोरोना टेस्ट किया जाए उन्होंने राज्य के सभी चेकपोस्ट और चौकियों पर कोरोना जांच की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए श्री बघेल ने अधिकारियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने और उन्हें लगातार समझाइश देने की बात कही कोरोना समाचार छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या आठ लाख बयालीस हजार से अधिक हो गई है कल प्रदेश में बारह हजार दो सौ उनतालीस नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले वर्तमान में एक लाख तीस हजार से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण की वजह से दो सौ तेईस लोगों की मृत्यु हुई है वहीं राज्य में अब तक सात लाख से अधिक मरीज स्वस्थ होकर अपने अपने घर लौटे चुके हैं इनमें इकयासी प्रतिशत मरीजों ने होम आइसोलेशन में इलाज कराकर कोरोना पर विजय पाई है प्रदेश में कोरोना की रिकवरी दर अभी तिरासी प्रतिशत से अधिक है उधर जगदलपुर में संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कलेक्टर को कोरोना की रोकथाम और उपचार के लिए एक सौ पचास नग रेमडेसिविर इंजेक्शन और एक लाख सात हजार आठ सौ रूपये का चेक प्रदान किया इसी तरह बालोद जिला मुख्यालय में नगर पालिका अध्यक्ष विकास चोपड़ा ने नगर के मितानिनों को एप्रान फेसशील्ड कैप और मास्क का वितरण किया इधर महासमुंद में जय हिंद कॉलेज सेवा समिति द्वारा पिछले एक महीने से मरीजों और उनके परिजनों को निःशल्क भोजन दवाइयां ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन और ऑक्सीमीटर जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है वहीं संसदीय सचिव विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने आज शहर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों के परिजनों को भोजन वितरित किया उधर दुर्ग जिले के चंदूलाल चंद्राकर कोविड केयर अस्पताल में पच्चीस वेंटिलेटरयुक्त आईसीयू शुरू हो गया है वहीं मरीजों की जांच के लिए मेडिकल स्टाफ की भी नियुक्ति कर दी गई है इसके शुरू हो जाने से अब गंभीर मरीजों का बेहतर इलाज हो सकेगा

इनमें पंचानवे लाख चालीस हजार स्वास्थ्य कर्मियों को पहला और चौंसठ लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को दूसरा टीका भी लगा दिया गया है वहीं एक करोड़ उनतालीस लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं ने पहला और सतहत्तर लाख से अधिक कर्मियों ने दूसरा टीका लगवा लिया है इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना टीकाकरण जोरशोर से जारी है वहीं अट्ठारह से चवालीस आयु वर्ग के अंत्योदय बीपीएल और एपीएल श्रेणी के हितग्राहियों का भी एक तिहाई के अनुपात में समान प्राथमिकता के साथ टीकाकरण किया जा रहा है रायपुर जिले में अट्ठारह से चवालीस आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए आठ केन्द्र बनाए गए हैं पहले दिन कल अंत्योदय श्रेणी के राशन कार्डधारी अठासी बीपीएल के नौ सौ उनतालीस और एपीएल वर्ग के दो हजार तेरह लोगों ने टीका लगवाया इन केन्द्रों में सुबह आठ बजे से नौ बजे तक टीकाकरण के लिए पंजीयन किया जा रहा है पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लोगों को टीका लगाया जा रहा है वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज अपनी पत्नी के साथ कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया उन्होंने पहला डोज नौ अप्रैल को लिया था गृह मंत्री ने लोगों से अपील की है कि सभी पात्र लोग कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं उन्होंने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है इससे न डरें न घबराएं और न ही अफवाहों पर ध्यान दें वैक्सीन के दोनों डोज लगवाएं और अपने तथा परिवार के जीवन को सुरक्षित करें इस बीच आज वैक्सीन की तीन लाख डोज रायपुर पहुंची इस वैक्सीन को प्रदेश के विभिन्न जिलों में मांग के अनुरूप पहुंचाया जा रहा है

उन्होंने लोगों से कोरोना से बचने के लिए निर्भीक होकर टीका लगवाने का आग्रह किया इधर राजनांदगांव जिले में टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए समाज सेविका और पद्मश्री फूलबासन यादव डिजिटल और इंटरनेट मीडिया के माध्यम से व्हाट्सअप फेसबुक ट्वीटर और वेब पोर्टल के जरिये लोगों को टीकाकरण केन्द्र तक लाने के लिए प्रचार अभियान चलाएंगी वहीं जिले के अंबागढ़ चौकी क्षेत्र में अफवाहों और दुष्प्रचारों पर लगाम लगाने के लिए गांवों में मुनादी कराकर ग्रामीणों से टीका लगवाने की अपील की जा रही है भाजपा पत्रकारवार्ता भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार कोरोना संक्रमण से निपटने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल और अजय चंद्राकर के साथ ही सांसद सुनील सोनी ने आज एक वर्चुअल पत्रकारवार्ता में कहा कि कोरोना संक्रमण छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में फैल चुका है उन्होंने आरोप लगाया कि गांवों में स्थित क्वारेंटाइन सेंटर में अव्यवस्था व्याप्त है वहां न भोजन है और न ही पानी भाजपा नेताओं ने यह भी कहा कि राज्य सरकार कोविड टीकाकरण के मामले में प्रदेश की जनता को गुमराह करने के साथ ही विभिन्न वर्गो के बीच विभेद पैदा कर रही है उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण केन्द्र बहुत दूर बनाए गए हैं और पर्याप्त मात्रा में कोरोना वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं है भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि अट्ठारह से चवालीस वर्ष के आयु वर्ग के लिए हो रहे टीकाकरण में कांग्रेस के स्थानीय नेता आम जनता के बजाय अपने कार्यकर्ताओं और परिचितों को टीके लगवा रहे हैं भाजपा नेताओं ने यह भी कहा कि इस समय जब प्रदेश में कोरोना संक्रमण भयावह स्थिति में है और लोगों को कोविड टीकों की आवश्यकता है ऐसे समय में राज्य सरकार मदिरा की घर पहुंच सेवा जैसे निर्णय लेने को प्राथमिकता दे रही है भाजपा नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार को आम जनता के स्वास्थ्य की नहीं बल्कि अपना राजस्व बढ़ाने की चिंता है इस बीच भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की वर्चुअल बैठक में भाग लेने से इंकार कर दिया है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा मिलने के लिए समय नहीं देना विपक्षी दल का अपमान है गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने श्री साय के नेतृत्व में वरिष्ठ भाजपा नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा उनसे मिलने की मांग का स्वागत करते हुए आगामी बारह मई को दोपहर बारह बजे वर्चुअल बैठक करने की अपनी सहमति दी थी भाजपा आरोप वहीं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने राज्य सरकार द्वारा धान के समर्थन मूल्य की अंतर राशि का भुगतान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किश्तों में दिए जाने पर आपत्ति जताई है श्री कौशिक ने कहा है कि राज्य सरकार न्याय योजना के नाम पर किसानों के साथ धोखा कर रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को अंतर की राशि एकमुश्त दे ताकि कोरोना काल में किसानों की मदद हो सके हमर ग्राम सभा प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव आज रात साढ़े सात बजे आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में राज्य शासन की नीतियों योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देंगे इस कार्यक्रम को मीडियम वेव नौ सौ इकयासी किलोहर्टज पर सुना जा सकता है इस कार्यक्रम को प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे मौसम मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने तथा आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की संभावना जताई है आज भी रायपुर राजनांदगांव सहित प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश होने की खबर है मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि एक चक्रीय चक्रवाती घेरा दक्षिण पश्चिम मध्यप्रदेश के ऊपर स्थित है इसके अलावा प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से नमी आने के कारण बदली बारिश के आसार बन रहे हैं खासकर राज्य के उत्तरी क्षेत्र में बारिश की अधिक संभावना है इस बीच राजनांदगांव जिले में खैरागढ़ क्षेत्र के ग्राम नवागांव कला में कल शाम आंधी तूफान और बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने से दस मवेशियों की मौत हो गई

उसके पास से चार नग रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त किया गया है